न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा सचिव सहित राज्य सरकार और अन्य को इस आशय का नोटिस जारी किया जा रहा है

सीएम पत्र मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर विधानसभा में बहूमत परीक्षण पर अपना रूख एक बार फिर स्पष्ट किया उन्होंने कहा है कि बेंगलुरू में बंधक बनाये गये विधायकों के वापस आने तक फ़लोर टेस्ट कराना संभव नहीं है श्री नाथ ने लिखा है कि राज्यपाल के निर्देश को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष समुचित निर्णय के लिये भेज दिया है

हालांकि शासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है और ऐहतियाती कदम भी उठाये जा रहे हैं इसी के तहत आज छिदवाड़ा मंडला बालाघाट रायसेन सहित कई जिलों में होने वाली साप्ताहिक जन सुनवाई को स्थगित कर दिया गया आगरमालवा कलेक्टर संजय कुमार ने लोगों से अपील की कि वे सामूहिक ऑयोजनों से बचें